अब रिश्वत देने वालों को भी जाना पड़ेगा जेल

आरा के बहुचर्चित जहरीली शराब मामले में सभी पन्द्रह आरोपी दोषी करार

लोकसभा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को पारित कर दिया है राज्यसभा विधेयक को इस महीने की उन्नीस तारीख को पारित कर चुकी है इस विधेयक के तहत रिश्वत देने वालों को भी सात साल तक की सजा होगी वहीं लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केन्द्र के मामले में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी रिश्वत देने वाले को अपनी बात रखने के लिए कानून में सात दिनों का समय दिये जाने का प्रावधान दिया है जिसे पन्द्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है जांच के दौरान यह भी देखा जायेगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गयी विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए कार्मिक और जन शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने इस कानून को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार द्रनियाभर में व्याप्त है मगर सरकार इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी केंद्र ने सभी राज्यों से भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने को कहा है गृह मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि नोडल अधिकारी को विशेष कार्यबल का गठन कर दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक भाषण देने और झूठी खबरें फैलाने वालों के विरूद्व गोपनीय सूचनायें एकत्र करने की जिम्मेवारी होगी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन में पिछले चार सालों में अस्सी प्रतिशत की कमी आई है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह में इसमें साढ़े चौतीस प्रतिशत की और गिरावट आयी है उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टो का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि दोगुनी हो गयी है शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार सहित छह राज्यों के शहरी गरीबों के लिए दो लाख सड़सठ हजार से अधिक सस्ते मकान बनाने की स्वीकृति दी है बिहार में पन्द्रह हजार मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बनने वालों मकानों की कुल संख्या तिरपन लाख चौहत्तर हजार हो जाएगी केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना में चल रही विभिन्न योजनाओं को दिसम्बर महीने तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है नई दिल्ली में परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान कोन्द्रीय जल संसाधन और गंगा प्रनरूद्वार मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विभाग के राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह हर महीने पटना जा कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे उन्होंने कहा कि तय समय के अन्दर लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोन्द्र सरकार हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायेगी सार्वजनिक क्षेत्र की अठारह कंपनियों पीएसयू में बेतरतीब निवेश के कारण बिहार सरकार को पिछले तीन वर्ष में ग्यारह सौ उनसठ करोड़ पचहत्तर लाख रुपये का घाटा हुआ है सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है वहीं बिजली प्रक्षेत्र में एक हजार एक सौ उनसठ करोड़ रूपये का सरकार को नुकसान हुआ है सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम में एक सौ अठाईस करोड़ रूपये के कामों का मूल्यांकन कराया गया राज्य सरकार ने कहा है कि सूरक्षा के मददेनजर बालिका गृहों के सामाजिक अंकेक्षण की स्थायी व्यवस्था की जायेगी विधानमंडल के दोनों सदनों में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि यूनीसेफ और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के सहयोग से सामाजिक अंकेक्षण की मानक प्रक्रिया तैयार कराई जा रही है श्री कुमार ने कहा कि बालिका गृहों की सुरक्षा के लिए अब किन्नरों की तैनाती की जायेगी मुजफ्फरपूर के बालिका गृह मामले में आवासीय परिसर की मिट्टी जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री भेजी जायेगी पिछले सोमवार को लापता बच्चियों की तलाश के लिए बालिका गृह परिसर की खोदाई हुई थी इधर बालिका गृह से पूर्व से गायब चल रही छह लड़कियों का पता लगाने के लिए विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है प्रदेश के सभी पंचायतों में संविदा पर साढ़े बारह हजार से अधिक कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कैबिनेट ने चार पंचायतों पर एक सहायक अभियंता और आईटी सहायक के पदों पर नियुक्ति करने का भी फैसला किया है ये सभी नियुक्तियां सौ दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी वहीं कैबिनेट ने डीजल सब्सिडी में बढ़ोतरी और कृषि के लिए बिजली शुल्क में कमी के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है भोजपुर जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित आरा जहरीली शराब कांड में पन्द्रह आरोपियों को दोषी करार दिया है अपर जिला सत्र न्यायाधीश आर सी द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया सजा के बिंदु पर कल से सुनवाई होगी सात दिसंबर दो हजार बारह को भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र में अनाइठ समेत अन्य जगहों पर जहरीली शराब पीने से इक्कीस लोगों की मौत हो गई थी इस मामले में पन्द्रह लोगों को आरोपी बनाया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो भी वह इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों के लिए अलग से एक विकल्प पेश करे बंगाल की खाड़ी और झारखंड में बने ऊपरी हवा के चक्रवात के प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पिछले छत्तीस घंटों से रूक रूक कर बारिश हो रही है सीमांचल और कोसी के इलाकों में भी मॉनसून के प्रभाव से बारिश शुरू हो गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले चौबीस घंटों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की सम्भावना है मैथिली के प्रसिद्ध आलोचक मोहन भारद्वाज का कल रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे पचहत्तर वर्ष के थे मोहन भारद्वाज के निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है दानापुर रेल मंडल के किऊल गया रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है इस रेलखंड का आज मुख्य संरक्षा आयुक्त पीके आचार्य निरीक्षण करेंगे पटना के नौबतपुर और मसौढ़ी के बीच पोआवां गांव के पास पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण किया जायेगा इस पुल के बन जाने से पच्चीस गांवों की आबादी को लाभ होगा स्नातक में नामांकन लेने में छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुये राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिशा निर्देश जारी किया है वहीं बिहार बोर्ड ने स्नातक में नामांकन के लिए छात्रों को अठाईस जुलाई तक आवेदन में सुधार करने का मौका दिया है सीबीएसई ने जुलाई महीने में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाईट पर अपलोड कर दी है परीक्षार्थी सीबीएसई नेट डॉट एनआईसी डॉट इन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं पटना के फत्र्हा स्थित एक निजी विद्यालय के छात्रावास में एलकेजी के एक छात्र की हुई हत्या के मुख्य आरोपी पप्पू को पुलिस ने पटना सिटी कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया है गया जिले के गया कॉलेज रोड में डकैतों ने एक व्यवसायी के घर डाका डालकर पैंसठ लाख रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति लूट ली पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पूर्णिया जिले में बनमनखी थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर चौक से पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवक के पास से सौ और पचास रूपये मूल्य वर्ग के जाली नोट बरामद किये गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्द्रस्तान लिखता है बालिका गृह कांड पर विधानसभा में हंगामा दैनिक जागरण की खबर है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी रिश्वत देने वालों को भी जेल दैनिक भास्कर की सुर्खी है अब परीक्षा नहीं मार्क्स के आधार पर होगी डॉक्टर इंजीनियरों की बहाली प्रभात खबर ने राज्य मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है सभी पंचायतों में संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे कार्यपालक सहायक राष्ट्रीय सहारा लिखता है मुजफ्फरपुर बालिका यौन शोषण मामले पर डीजीपी ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं आज की सुर्खी है मॉब लिंचिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स बनायें राज्य

अब रिश्वत देने वालों को भी जाना पड़ेगा जेल

आरा के बहुचर्चित जहरीली शराब मामले में सभी पन्द्रह आरोपी दोषी करार